अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को दी बधाई

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनऔषधि केन्द्र के मालिकों और इसके लाभार्थियों से बातचीत की

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक महीने एक करोड़ से ज्यादा लोग इन केन्द्रों से लाभ उठाते हैं

अनुराग केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जेनरिक दवाईयों की गुणवत्ता के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करना डॉक्टरों की जिम्मेदारी है जनऔषधि दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम को लाईव देखने के बाद उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता बेहतर है और इनके प्रयोग से गरीब व्यक्ति के धन की बचत होती है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विषय में चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी

योजना के तहत धर्मशाला में आयोजित एक कार्यशाला में आज उन्होंने लोगों से इन जनऔषधि केन्द्रों का लाभ उठाने का आग्रह किया रामस्वरूप उधर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंडी में जनऔषधि केन्द्र का दौरा किया और लोगों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुना उन्होंने बताया कि जनऔषधि केन्द्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से अढ़ाई लाख रूपये का अनुदान दिया जा रहा है

इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है उन्होंने कहा है कि महिलाओं ने प्रदेश के विकास और खुशहाली में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्व है और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के बजट में भी महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है मारकंडा इधर शिमला के गेयटी थिएटर में नैशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्टिस की हिमाचल इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और राष्ट्र की उन्नति में बराबर की हिस्सेदार है उन्होंने उपस्थित महिला पत्रकारों और स्वयं सेवकों को भी सम्मानित किया राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर और प्रदेश लोकसेवा आयोग की सदस्य रचना गुप्ता ने भी इस मौके अपने विचार व्यक्त किए बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जस्वां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के समनोली में भरवाई चिंतपूर्णी समनोली बाईपास सड़क के स्तरोन्नयन कार्य का आज शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सड़क भरवाई को चिंतपूर्णी से जोड़ने का अहम माध्यम हैं उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर चिंतपूर्णी मंदिर न्यास की ओर से दो दिव्यांग बच्चों को एक एक लाख की एफडी भी भेंट की होली महोत्सव राष्ट्र स्तरीय चार दिवसीय होली महोत्सव हमीरपुर ज़िले के सुजानपुर में आज विधिवत रूप से शुरू हुआ केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कवेर ने ने ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर के मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महोत्सव का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने समारोह स्थल चौगान में विभिन्न सरकारी विभागों व गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्जवलित कर महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ भी किया इससे पहले महोत्सव समिति और स्थानीय लोगों ने केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज फिर हिमपात जबकि अन्य भागों में वर्षा से तापमान में गिरावट आई है मार्च माह में हुई इस बर्फबारी ने समूचे प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर तेज़ कर दी है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में आज तीसरे दिन भी रूक रूक कर बर्फबारी का क्रम जारी है और घाटी में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग रवोलने का कार्य भी बाधित हुआ है कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा हो रही है हिमपात से आनी बंजार मार्ग वाया जलोड़ीजोत वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है खराब मौसम को देखते हुए कुल्लू जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है चंबा किन्नौर सिरमौर और कांगड़ा जिलों की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है

ताजा बर्फबारी से खिड़की खड़ापत्थर कुफरी व नारकंडा में आवाजाही बंद है और ऊपरी शिमला को जाने वाले सड़क मार्गो से बर्फ हटाने का कार्य जारी है निचले जिलों में रूक रूक कर वर्षा हो रही है हालांकि मौसम विभाग ने कल से मौसम में सुधार की संभावना जताई है बजट प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कल विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट पर समाज के विभिन्न वर्गों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान बजट की सराहना करते हुए इसे स्वर्णिम हिमाचल के संकल्प को साकार करने वाला बताया शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकर ने बजट को विकासोन्नमुखी करार दिया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बजट को संतुलित ऐतिहासिक और सर्वहितकारी करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस द्वारा राजनीतिक द्वेष की भावना से बजट की आलोचना करना उचित नहीं है भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि बजट में आर्थिक प्रबंधन की झलक दिखती है जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है

प्रदेश भाजपा महामंत्री व कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने कहा है कि ये बजट प्रदेश की आशाओं आकांक्षाओं और विश्वास को परिलक्षित करता है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि मछली और इससे संबंधित उत्पादों को ग्रहण करने से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होता है ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जिसका कोई आधार नहीं है विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार का अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र सुलह पुहंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर सहित विधायकगण और प्रदेश भाजपा के नेता व कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे